सत्रह मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन

आज भी इकतालीस नये मामले सामने आये स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर अंठानवे हुई केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है अब लॉकडाउन सत्रह मई तक जारी रहेगा गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नये दिशा निर्देश भी जारी किये हैं दिशा निर्देशों के अनुसार ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति दी गयी है हालांकि रेड जोन वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं रहेगी गौरतलब है कि लॉकडाउन की अवधि तीन मई को समाप्त होने वाली थी केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य लोगों को अपने घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली मेंयह जानकारी दी

रेलवे के अनुसार जयपुर से खुलने वाली ट्रेन कल दोपहर पौने एक बजे दानापुर पहुंचेगी ट्रेन में चौबीस डिब्बे होंगे जिसमें अठारह डिब्बे शयनयान श्रेणी के होंगे यात्रा में केन्द्र के दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखा जायेगा साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी लोगों के आवागमन के लिए ट्रेन चलाने के केन्द्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है रेलवे ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के आलोक में आज से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है रेल मंत्रालय के कार्यपालक निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया कि इन ट्रेनों का परिचालन निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकारों के अनुरोध पर होगा और इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग के उपरांत ही लोगों को यात्रा की अनुमति होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जायेगा यात्रा की अवधि में रेलवे द्वारा यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध कराया जायेगा श्री वाजपेयी ने कहा कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वह यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाये और उन्हें गंतव्य तक भेजें राज्य सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और अन्य लोगों की सीमा पर स्क्रीनिंग करवाने के बाद उन्हें अपने गृह जिला भेजा जायेगा परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये आदेश में वाहन कोषांग का गठन करने और जिला परिवहन पदाधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कहा कि लोगों की संख्या बढ़ने पर ऐसे केन्द्र पंचायत स्तर पर भी बनाये जायेंगे उन्होंने अधिकारियों को आने वाले मजदूरों के हुनर की जानकारी भी एकत्र करने का निर्देश दिया ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके प्रदेश में आज कोविड उन्नीस संक्रमित एक मरीज की पटना एनएमसीएच में मौत हो गयी मृतक मोतिहारी का रहने वाला था और वह कैंसर से ग्रसित था स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि युवक का उम्र छब्बीस वर्ष थी और उसका मुंबई स्थित टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीच्यूट में इलाज चल रहा था प्रदेश में कोरोना संक्रमण से यह तीसरी मौत है इधर आज कोविड उन्नीस के इकतालीस नये मामलों की प्रष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार सौ छियासठ हो गयी है नये मामलों में तेरह मधुबनी से ग्यारह बक्सर से सात रोहतास से छह कैमूर से दो कटिहर से तथा एक एक मामला नालंदा और भोजपुर जिले से है कटिहार में पहली बार कोविड उन्नीस का मामला सामने आया है अब तक राज्य के तीस जिलों के लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या पैंतीस हजार तीन सौ पैंसठ हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नौ हजार पैंसठ लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार एक सौ बावन लोगों की इस महामारी से मौत हुई है

अब तक अंठानवे मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं आज चौदह मरीजों को छुट्टी दी गयी पटना के एनएमसीएच से उपचार के बाद अपने घर लौटे मरीजों ने लोगों से नहीं घबराने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अब इस बात पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए कि रेड या ऑरेंज जोन वाले जिले ग्रीन जोन में बदलें

रेड जोन में मुंगेर पटना रोहतास बक्सर और गया जिले शामिल हैं ऑरेंज जोन में शामिल जिले हैं नालंदा कैमूर सिवान गोपालगंज भोजपुर बेगूसराय औरंगाबाद मधुबनी पूर्वी चंपारण भागलपुर अरवल सारण नवादा लखीसराय बांका वैशाली दरभंगा जहानाबाद मधेप्ररा और पूर्णिया इनके अलावा शेष तेरह जिले ग्रीन जोन में हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि अब तक संक्रमण से मुक्त या पिछले इक्कीस दिनों में संक्रमण का कोई मामला न होने पर ही किसी जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा उन्होंने बताया कि अभी देश भर के एक सौ तीस जिलों को रेड जोन दो सौ चौरासी को ओरेंज जोन और तीन सौ उन्नीस को ग्रीन जोन में रखा गया है राज्य सरकार ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आठ रोगियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल को खाली कराने का निर्देश दिया है अस्पताल के एक चिकित्सक और नर्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है यह अस्पताल रविवार तक बंद रहेगा अस्पताल के सभी वार्डों को सेनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है रोगियों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है संस्थान के अधीक्षक मनीष मंडल ने बताया कि गंभीर रोगियों को आईसीयू में भेज दिया गया है उन्होंने बताया कि अस्पताल के सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी इस बीच कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए सभी चिकित्सकों की छुट्टियां इकतीस मई तक के लिए रद्द कर दी गई हैं वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये पुलिस मुख्यालय ने पचपन वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों की फील्ड ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय लिया है

केन्द्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ट्रकों की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ट्रकों को विशेष पास की भी आवश्यकता नहीं है

उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने एक टवीट में यह जानकारी दी इस योजना के तहत जुड़े राज्यों के लोग अपने राशन कार्ड पर किसी भी राज्य में किसी भी जनवितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न का उठाव कर सकते हैं बिहार के लोगों ने केन्द्र की तरफ से मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर ख़ुशी व्यक्त की

इस लॉकडाउन के दौरान में मैं अपनी खेती सही समय पर गेंह का कटनी करा लिया और सब समय पर हो रहा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का रूपया आ भी गया राशन का पैसा भी समय पर मिल जा रहा है यहां प्रधानमंत्री सहयोग बहुत ज्यादा है बहुत सराहनीय काम है ये मैं रंजीत सिंह फतेहपुर जिला पटना से बोल रहा हूं

मैं प्रधानमंत्री जी को तहेदिल का शुक्रिया अदा करता हूं

इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रमिकों को अपनी श्रभकामनाएं दी हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अनेक हिस्सों में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग ने कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हो गया है जिसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश की आशंका बनी हुई है इस दौरान तीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में पूर्वी चंपारण बांका और नवादा जिले में तीन लोगों की मौत हो गयी

सत्रह मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन

आज भी इकतालीस नये मामले सामने आये स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर अंठानवे हुई